कोरोना संकट में समय यह खरीद जनजातीय लोगों के लिए वरदान सिद्ध हई है इस महामारी से उनकी आजीविका पर असर पड़ा था

इन वस्तुओं में जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए गए कृषि और बागवानी उत्पांद शामिल हैं

लघु वन उत्पादों की खरीद में राज्यों में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान रहा है

इनमें अधिकांष विद्यार्थी हैं जिनके अभिभावक लंबे समय से केंद्र सरकार से उन्हें स्वदेष लाने की गुहार लगा रहे थे

श्री चौहान इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देंगे और उपभोक्ताओं से उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे इस संवाद कार्यक्रम का प्रत्येक बिजली जोन वितरण केंद्र के साथ ही प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीधा प्रसारण किया जाएगा

रेलवे खरीद रेल मंत्रालय ने खरीददारी नियमों को आसान बनाने और कारोबार में सुगमता लाने से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला किया है इसके तहत भारतीय रेलवे की विक्रेताओं को अनुमोदित करने वाली एजेंसी अगर किसी विक्रेता को मंजूरी देती है तो इस विक्रेता को भारतीय रेलवे की सभी इकाइयों से उस वस्तु विशेष के लिए स्वतः अनुमोदित माना जायेगा इससे पहले किसी एक एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने पर विक्रेता को अन्य संस्थानों से खरीददारी के लिए मंजूरी नहीं मिलती थी और उन्हें कई संस्थानों में मंजूरी के लिए आवेदन करना होता था मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से विक्रेताओं को लाभ होगा और उनका समय बचेगा साथ ही उन्हें विभिन्न एजेंसियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी योग दतिया गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है मंत्री डॉ मिश्रा ने कल दतिया में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है योग भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अट्ट हिस्सा है

उन्होंने भारतीय औषधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई औषधियां हमारे जीवन में खानपान का अटूट हिस्सा बन चुकी है जिसका सकारात्मक असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है खरीफ खाद रायसेन जिले में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है

मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है पिछले चौबीस घण्टों के रीवा शहडोल संभागों में कई स्थानों पर बारिश हुई

सिंगरौली और सीधी जिले में पांच पांच सेण्टीमीटर बारिश दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज रीवा शहडोल संभागों तथा छिंदवाड़ा बालाघाट बैतूल होशंगाबाद रायसेन और सीहोर जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी दी है

जिसमें क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव भी भाग लेंगे